कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन विशेष आर्थिक पैकेज के ब्यौरे की घोषणा करेंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज मुख्यरूप से भूमि श्रम नकदी और कानून पर केन्द्रित होगा पैकेज से कुटीर उद्योग सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम श्रमिक मध्यम वर्ग उद्योगों सहित विभिन्न वर्गो की जरूरतें पूरी होंगी

श्री मोदी ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता के पांच आधार स्तम्भ होंगे अर्थव्यवस्थ ब्नियादी ढांचा तकनीक आधारित प्रणाली सशक्त जनसांख्यिकी और मांग उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि स्थानीय उत्पादों पर जोर दिया जाए और इन्हें वैश्विक स्तर पर ले जाने में सहायता की जाए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस लंबे समय तक लोगों के जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन इसके कारण ठहराव की स्थिति जारी नहीं रखी जा सकती उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी का चौथा चरण अलग प्रकार का होगा और इसमें नये नियम लागू होंगे

उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री द्वारा वित्त पैकेज की घोषणा करने का स्वागत किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने भी प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी

प्रदेश में कोरोना संकमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में और बढोतरी हुई है

कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों से राजस्थान लौट रहे लाखों श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा

वहीं आवश्यकतानुसार उन्हें नए जॉबकार्ड भी जारी किए जायेंगे

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दे श्री प्रनिया ने कल मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉफ्रेंन्सिंग के जरिए संवाद में यह बात कही श्री पूनिया ने इस दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई मदद और प्रदेश के मुददों पर खुलकर बात की उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि किसानों की समर्थन मूल्य पर फसल खरीद सुनिश्चित की जाये और इसका समय पर भूगतान हो संवाद के दौरान पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड ने कोरोना नियंत्रण और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने सहित कई विषयों पर अपने सुझाव दिए बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के अन्य राज्यों से लाखों की तादाद में लोग राजस्थान लौट रहे हैं ऐसे में गांवों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए क्वारेंटीन हमारा टॉप एजेंडा रहेगा इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों खासकर विधायकों की बड़ी भूमिका रहेगी वे इसे चुनौती के रूप में लें और प्रदेश को सुरक्षित रखने का दायित्व निभाएं गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जयपुर और अजमेर संभाग के सांसदों और विधायकों से चर्चा कर रहे थे राज्य सरकार के प्रयासों से कोटा के हजारों विद्यार्थी अपने अपने घर सकुशल पहुंच रहे हैं

विद्यार्थियों को मास्क भोजन के पैकेट और पानी की बोतल उपलब्ध कराई गई वहीं रवाना होने से पहले सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई

उधर मध्यप्रदेश के कटनी और अन्य स्थानों के लिए पैदल रवाना हुए श्रमिकों के दो समूहों को जिला प्रशासन ने छबडा में लगाए कैम्पों तक बस में बैठाकर भेजा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे सभी श्रमिकों से अपील की है कि राज्य सरकार द्वारा उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है इसीलिए वे पैदल न निकले बाडमेर जिले में विभिन्न माध्यमों के जरिये लोगों को कोरोना संकमण से बचने और इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है जिले के बिशाला गांव के कुम्भकार परिवार मटकों पर घर रहें सुरक्षित रहे कोरोना को हराना है बार बार साबुन से हाथ धोना है और मास्क का प्रयोग करने जैसे संदेश लिखकर लोगों को जागरूक कर रहे है